सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

कल सत्तानबे हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए और आठ सौ उन्यासी लोगों की मौत हई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पैतालीस साल से अधिक उम्र के सात करोड़ साठ लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली ख्राक दी जा च्की है जिसमें से तीस लाख से अधिक लाभार्थी कोविड की दोनो खुराक ले चुके है इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के छह नए मामले दर्ज किये गए जिसमें लोअर दिवांग वैली जिले से चार और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दो मामले शामिल है कल राज्य में कोविड का एक रोगी स्वस्थ हआ राज्य में कोविड के क्ल सक्रिय मामलो की संख्या इकतालीस है राज्य में कल कोविड जांच के लिए तीन सौ पंद्रह सैंपल एकत्र किये गए

ईटानगर के अर्बन प्राईमरी हेल्थ सेंटर ईटाफोर्ट में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र व्यक्तियों की लंबी कतार लगी हई थी स्वास्थ्य कर्मियों ने आधार कार्ड की जांच कर पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें कोविड का टीका लगाया

उन्होंने समिति के सदस्य सचिव और परियोजना एजेंसियों को ये स्निश्चित करने को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी स्थानीय लोगों को प्राप्त हो सके और उन्हें इसका लाभ स्निश्चित हो श्री रिजिज् ने राज्य में योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में आ रही बांधाओं और लंबित मुदों को हल करने के लिए जरुरी कदम उठाने का आश्वासन दिया

बैठक के दौरान मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना जल शक्ति मिशन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा समन्वित बाल विकास योजना प्रधानमंत्री किसान योजना सहित राज्य में चल रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण पर भी बैठक के दौरान चर्चा हई

तवांग में विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में आवंटित धनराशि समय पर खर्च नही होने से परियोजना के लिए जारी बजट लैप्स हो जाता है श्री सिंह ने पूर्वोत्तर के राज्यों से अपनी जरुरत के अन्सार विभिन्न मंत्रालयों के तहत जरुरी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए कार्ययोजना को समय पर जमा करने को कहा इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्रर दराज के इलाकों में एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सहयोग का आग्रह किया